इस महामारी से अब तक बीस लोगों की मौत

नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा हो रहा है पहले वर्ष में कईं महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक फैसले लिए गए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना देश को आंतकवाद के साए से निकालना और इस खतरे से निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहना तथा चूनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए किसानों और गरीबों में विश्वास पैदा करना नरेन्द्र मोदी सरकार के पांच वर्ष के पहले कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां रहीं दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में एनडी ए सरकार ने नए भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया है पिछले वर्ष मई में लोकसभा चूनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि देश में अब केवल दो जातियां होंगी पहले गरीब और दूसरे वे जो गरीबी दूर करना चाहते हैं सरकार ने इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिये आज शाम चार बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पार्टी के सभी सातों विंग अपने अपने क्षेत्रों में लगभग पांच सौ डिजिटल रैलियां भी आयोजित करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखे गये एक पत्र को जन जन तक पहुंचाएगी जिसमें आत्मनिर्भर भारत और सरकार की अन्य उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है यह पत्र दस करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के त्रंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी लोक सेवा केंद्रों आरटीपीएस को खोलने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर सामजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुये काम शुरू करवाया जाये गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण आरटीपीएस के बंद होने से जाति आवासीय और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने का काम बंद है साथ ही सामाजिक पेंशन योजना के काम भी नहीं हो रहे हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक सौ चौहत्तर नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार तीन सौ उनसठ हो गयी है कल चार लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बीस हो गयी वहीं पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड एक सौ उनसठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर छत्तीस प्रतिशत हो गयी है सक्रिय मामालों की संख्या दो हजार एक सौ तीस है अब तक राज्य में जो पॉजिटिव मामले सामने आये हैं उसमें दो हजार तीन सौ अड़सठ प्रवासी लोगों के हैं इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो प्रवासी पहले से क्वारेंटीन केंद्रों में रह रहे हैं उन्हें नये लोगों के साथ नहीं रखा जाये नये और पूराने लोगों के रहने की व्यवस्था अलग अलग हो देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिरसठ हो गई है अब तक बयासी हजार तीन सौ सत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार नौ सौ इकहत्तर लोगों की मौत हुई है स्वस्थ होने की दर तैंतालीस प्रतिशत से अधिक हो गयी है मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के आसपास के इलाके से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है पटना के तेरह मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया है आज से इन मोहल्लों में द्रकानें खूल जायेंगी और लोगों की सामान्य आवाजाही हो सकेगी देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी कामगारों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है सूचना और जन सपंर्क विभाग के सचिव अनूपम कुमार ने बताया कि आज अठारह और कल तेरह रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेगी इधर कैमूर जिले के कर्मनाशा से चलायी जा रही स्पेशल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है जिला प्रशासन के अनुसार प्रवासी कामगारों के आने की संख्या में कमी को देखते हये ये फैसला किया गया अब जो श्रमिक जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे उन्हें बस के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जायेगा राज्य सरकार ने देश की चौबीस जानीमानी कंपनियों को पत्र लिखकर बिहार में निवेश के लिये आमंत्रित किया है उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि सरकार कुशल मजदूरों के लिये रोजगार योजना भी ला रही है जिसके तहत जिले में कम से कम दो औद्योगिक कलस्टर बनाये जायेंगे

गोपालगंज तिहरे हत्याकांड मामले में जदयू विधायक पप्पू पाण्डेय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना से गोपालगंज बिना अनुमति जाने को प्रयास में यह कार्रवाई की गयी है पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बत्तीस नामजद और साठ अज्ञात लोगों के खिलाफ सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है मुंगेर जिले के बरियारपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाही पूल के पास अपराधियों ने विस्फोट कर तीन मकानों को ध्वस्त कर दिया और एक महिला तथा उसके डेढ़ महीने के बच्चे की हत्या कर दी बम विस्फोट में कई अन्य घर भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं घटना से आक्रोशित लोग मुंगेर भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराकोठी शिव मंदिर चौक के पास से पूलिस ने दो करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ मॉर्फीन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक कैरियर का काम करता है गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है बोधगया में वर्ष दो हजार अठारह में हये बम विस्फोट मामले के वांछित आतंकी अब्दुल करीम को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है कोलकाता पुलिस की विशेष कार्यबल ने ये गिरफ्तारी की है बिहार मे टिड्डी दल के आने की आशंका कम हो गयी है कृषि विभाग के संयूक्त निदेशक उमेश प्रसाद मंडल ने बताया कि प्रबा हवा के कारण टिड्डी दल ने मध्य प्रदेश की ओर रूख कर लिया है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टिड्डी दल अपनी दिशा में कब परिवर्तन कर ले यह नहीं कहा जा सकता है उन्होंने किसानों से विशेष सावधानी बरतने और विभाग द्वारा बताये गये सुझावों पर अमल करने को कहा टिड्डी दल के हमले की स्थिति में किसानों से खेतों के आसपास तेज आवाज करने और धुआं करने की सलाह दी गयी है शिक्षा विभाग ने विद्यावाहिनी एप के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिये पहली से बारहवीं तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी है

परिवहन विभाग के अधीन चलंत दस्ता सिपाही और होमगार्ड में चालक की बहाली के लिये हुयी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है रिजल्ट केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की वेबसाइट पर उपलब्ध है मैट्रिक परीक्षार्थी अपनी उत्तर प्रस्तिकाओं और ओएमआर शीट की छायाप्रति ले सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत यह व्यवस्था दी गयी है प्रति उत्तर प्रस्तिका छात्रों को पांच सौ रूपये जबकि ओएमआर शीट के लिये सौ रूपये देने होंगे पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकिया के पास एक हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि दोनों दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे और मोटरसाइकिल से दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे इधर गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोपीपुर मोड़ से सटे रामपुर गांव के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में मोटरसाइकिल की टक्कर से यह हादसा हुआ वहीं दूसरी तरफ बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष प्ररे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के नाम लिखे पत्र को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है भारत का भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकती मोदी दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है कोरोना पर जीत सुनिश्चित नरेंद्र मोदी दैनिक भास्कर ने लिखा है एक जून से स्कूल कॉलेज धर्म स्थल खोलने की छूट संभव प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाले से लिखा है विदेशों से आ रहे लोगों को भी रखें क्वारेंटीन में आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोविड उन्नीस के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा

इस महामारी से अब तक बीस लोगों की मौत